उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कलेक्टर सोशल डिस्टेंसिंग और हैत्थ प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थलों को खोले जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ग्राम रक्षक पुलिस और जनता के बीच सेतु का काम करेंगे जिससे पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास और बढेगा श्री गहलोत ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में आईसीएमआर की अनुमति के साथ जल्द से जल्द प्लाज्मा थैरेपी शुरू करने के निर्देश दिए चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगातार टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मध्य अवधि तक प्रतिदिन दस लाख नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है

इस दौरान कुछ और गतिविधियों में छूट मिलेगी योग और जिम जैसे संस्थान पांच अगस्त से सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए खोले जा सकेंगे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

स्वतंत्रता दिवस समारोहों को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर तथा स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जा सकेगा कंटेंनमेंट जोन के बारे में और निर्णय राज्य सरकारें लेंगी जिनका कड़ाई से पालन करना होगा श्रम राज्यमंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों को र्निदेश दिए हैं कि प्रदेश का कोई भी श्रमिक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे उन्होंने कहा कि कोरोनाकाल में प्रवासी श्रमिकों के लिए भी आवश्यक योजना बनाकर उन्हें इस मौजूदा संकट के समय सहायता उपलब्ध कराई जाए श्रम राज्यमंत्री ने कल जयपुर में श्रमिकों के कल्याण सम्बंधी योजनाओं की चर्चा के दौरान यह बात कही

उच्च न्यायालय ने बहजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिव और सभी छह विधायकों को नोटिस जारी किये हैं

वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल आगे की रणनीति तय करने के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें उन्हें समर्थन दे रहे अन्य पार्टियों के विधायक तथा निदर्लीय विधायक भी शामिल हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि कांग्रेस के किसी विधायक की नाराजगी है तो उसे पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए बैठक के कुछ देर बाद पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरिवास ने कहा कि यदि सदन में सरकार के खिलाफ अविस्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार बहमत सिद्ध करके दिखायेगी उन्होंने बागी विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि वे लौट आयेंगे तो जनता में उनका सम्मान बढेगा

इसके तहत जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं केन्द्र शासित प्रदेश बनने से पहले जम्मू कश्मीर में गांव की ओर चलें अभियान का पहला चरण शुरू किया गया था इस अभियान का उददेश्य ग्रामीण जनता के द्वार तक प्रशासन सुविधाओं को पहुंचाकर विकास कार्यो में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है

मौसम विभाग ने आज टोंक सीकर नागौर और चूरू जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है जालौर में आज सुबह से रिमझिम बारिश का दौर जारी है